किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला के एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में कल एक मेगा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंघान व विकास स्वास्थ्य व पोषण कौशल विकास सहित तकनीकी क्षेत्र में नवीन कायों को दर्शाया गया है इसके बाद किशन कपूर ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस मैदान में चल रहे कार्यो की प्रगति का जायजा भी लिया

सर्वेक्षण पर्यावरण व स्वास्थ्य के सूचकांक में सिरमौर जिला प्रदेश में अग्रणी पाया गया है उपायुक्त ललित जैन ने कल नाहन में बताया कि केंद्र सरकार के बैंगलुरू स्थित लोक मामले केंद्र द्वारा करवाये गए सकेंक्षण में जिले में पेयजल व सड़कों की स्थिति सुधारने की जरूरत बताई गई है ललित जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ मामले को उठाकर पेयजल प्रबंधन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके एक नजर अखवारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विघानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं सेना में हिमाचल के लिए अलग रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव पारित दैनिक जागरण ने लिखा है हिमालयन रेजिमेंट पर सदन का संकल्प हिमाचल दस्तक की सुर्खी है ड्रग्स चिट फंड घपले पर अब जमानत नहीं अजीत समाचार का कहना है हल्की नोक झॉक के बीच चला शीतकालीन सत्र का पांचवां दिन आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से शीर्षक दिया है नशारूपी दानव को कुचलने को सरकार कृतसंकल्प दैनिक भास्कर के शब्द हैं सिलेबस और पढ़ाने का तरीका तय करेगी ऐजुकेशन काउंसिल हायर ऐजुकेशन काउंसिल बनाने का दिल सदन में पेश जेबीटी काउंसलिंग से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है हाईकोर्ट ने जेबीटी काउंसलिंग के परिणाम पर लगाई रोक दिव्य हिमाचल का कहना है जेबीटी इंटरव्यू के रिजल्ट पर रोक दैनिक भास्कर के शब्द है हाईकोर्ट ने जेबीटी की काउंसलिंग के परिणाम पर लगाई रोक सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब

बिग बॉस के घर गए प्रशिक्ष् डॉक्टर की आईजीएमसी में एंटरी बंद अमर उजाला की एक खबर है

आपका फैसला का कहना है बर्फबारी के बाद हिमाचल में प्रचंड ठंड का कहर नदी नाले हुए जाम दैनिक जागरण के अनुसार बीबीएन में कटी दो बड़े उद्योगों की बिजली एक नजर संपादकीय पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय संकल्पों के फलक पर में लिखा है हिमाचल की ग्रामीण आर्थिकी तथा सहकारी क्षेत्र की भूमिका को तभी सफल माना जाएगा जब पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और निपुण बनाया जाए